विस्ताडोम में पारदर्शी खिड़कियों और शीशे की छत की सुविधा होती है यह सुविधा देश विदेश से आने वाले पर्यटक पारदर्शी बस में बैठकर रोहतांग टनल के अलावा यहां की वादियों को निहार सकेंगे

रोहतांग सुरंग का निर्माण उनका सपना था जो जल्दी ही पूरा होने वाला है इसी वर्ष सितंबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने समी क्षेत्रों मे अमूतपूर्व विकास किया है उन्होंने कहा कि अटल सुरंग रोहतांग को एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा मुख्यमंत्री कहा कि कुल्लू के बिजली महादेव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा तथा इस पर्यटन स्थल को रोपवे सुविधा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे

मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्योग परिवहन श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से आए हिमाचली युवाओं को प्रदेश में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के मार्ग दर्शन में स्किल रजिस्टर पोर्टल आरम्भ किया गया है

शहरी विकास नगर नियोजन आवास संसदीय कार्य विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन में जिला स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश वासियों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सब एकजुट होकर आपसी समन्वय के साथ कार्य करें

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी मेमरियल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की ट्विटर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में वाजपेयी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा गृहमंत्री अमित शाह केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य कई नेताओं ने भी अटल को याद किया प्रदेश में कोरोना संक्रमण और तेज हो गया है

कोरोना संकट के बीच अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य लोकसेवा आयोग ने राज्य के प्रत्येक जिले में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है

आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अपने घरों से ज्यादा दूर न आना पड़े इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि एसओपी के अनुसार ही यह परीक्षाएं करवाई जाएंगी स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है मौसम विभाग द्वारा राज्य में दो दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है